मुख्यमंत्री आज सुबह चांगलांग जिला म्ख्यालय पहंचे जहां उन्होंने जिला सचिवालय ब्लॉक टू का उद्घाटन किया इस भवन में सौ कमरे है और बेहतर कामकाजी माहौल प्रदान करने के लिए विभिन्न आध्निक स्विधाएं है म्ख्यमंत्री ने चांगलांग में तिरप नदी पर बने डबल लैन कॉम्पोजिट ब्रिज सिमेंट कांक्रीट रोड और जिले के कई अपग्रेडेट प्लिस स्टेशनों का उद्घाटन किया उन्होंने कहा है कि इन दिनों परियोजनाओं के उद्घाटन से चांगलांग म्ख्यालय में कनेक्टिविटी में काफी स्धार होगा म्ख्यमंत्री जिले में टीसू विद्य्त परियोजना को भी जनता को समर्पित किया ज्मसंग गांव में स्थित इस प्रोजेक्ट से आसपास के कस्बों और गांवो को बिजली आपूर्ति की जाएगी

आज चांगलांग में एक जनसभा को संबोधित करते हए श्री खांड् ने कहा कि जिले में मौजूदा कोयला सहित अन्य गनिष्ठ तत्वो के खनन के लिए केंद्र सरकार से स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखकर नीति बनाने का आग्रह किया गया है उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार का प्रयास है कि गनिष्ठ तत्वो से मिलने वाले रॉयल्टी में स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त अंशदान मिले

इस जनसभा को राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स विधान सभा उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक तेसांग पोंगते सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने संबोधित किया

कल पाप्म पारे जिले के प्लिस प्रशिक्षण केंद्र बंदरदेवा में संवाददाताओं से बातचीत में श्री उपाध्याय ने कहा है कि ये तीनो पुलिस कर्मी नशे के सेवन के आदि नहीं थे बल्कि मादक पदार्थो की तस्करी में लिप्त थे उन्होंने कहा है कि सभी जिलों के अधीक्षक एक योजना पर काम कर रहे है जिसमें नशे के लथ के शिकार पुलिस कर्मियों को पुनर्वास का अवसर दिया जायेगा

क्षेयरोग से स्वास्थ्य समाज और अर्थ व्यवस्था को होने वाले न्कसानों और इस वैश्विक महामारी की रोगथाम के लिए प्रयास तेज करने की प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए हर वर्ष चौबीस मार्च को यह दिन मनाया जाता है आज ही के दिन अट्ठारह सौ बयासी में डॉ रॉबर्ट कोच ने टीबी वैक्टिरिया की खोज की थी

क्योंकि इस महामारी ने क्षेयरोग समाप्त करने की दिशा में हई प्रगति को जोखिम में डाल दिया है इस अवसर पर तोमो रिबा स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स नाहरलग्न में जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा सभी हितधारको के लिए जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया

संगठन ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना से पेंशन नहीं मिलेगी और इस लिए प्रानी पेंशन योजना को लागू किया जाना चाहिए